मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि महात्मा गांधी के विचार आज के हालात में और भी प्रासंगिक समाज में सभी तरह के भेदभाव समाप्त होने चाहिए प्रदेश में लुप्त हो रहे विशेष उत्पादों का होगा संरक्षण वैभव गहलोत राजस्थान किकेट अकादमी के अध्यक्ष निर्वाचित

कल मुंबई में बैंक की चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रिवर्स रेपो दर भी घटाकर चार दशमलव नौ प्रतिशत और बैंक दर पांच दशमलव चार प्रतिशत कर दी गई है

रेपो दर में कमी का उद्देश्य आवास और वाहन ऋण की दरों में कमी लाना है जो अब इस दर के साथ सीधे जुड़ गए हैं

रिजर्व बैंक ने कहा है कि इससे बैंको को अपनी निधियों के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी इस साल दिसम्बर से ग्राहकों को चौबीसों घंटे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की सुविधा उपलब्ध होगी इस समय यह सेवा शाम पौने आठ बजे तक ही उपलब्ध है रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिग वित्तीय कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं से कर्ज लेने वालों की ऋण सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर सवा लाख रुपये करने का फैसला किया है उधर वित्त मंत्रालय ने कहा है कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति से देश में विकास को बढ़ावा देने के हाल के प्रयासों को बल मिलेगा

श्री नायड् कल नई दिल्ली में इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स की संचालन परिषद की बैठक को संबोधित कर रहे थे

इस कडी में कल जयप्र में खादी संगोष्ठी का आयोजन किया गया संगोष्ठी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गांधी के विचार आज के हालात में और प्रासंगिक हो गए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में सभी तरह के भेदभाव समाप्त होने चाहिए

इस दौरान चिकित्सा मंत्री डॉ रघ् शर्मा नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल सहित कई मंत्री और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल तथा डॉक्टर मौजूद रहेंगे

रिफाइनरी में फिलहाल दस हजार करोड के कार्य प्रगति पर है

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस मामले में दोनों पक्षो की दलीलों की सुनवाई के लिए अंतिम तिथि पहले ही निर्घारित कर दी थी

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की शासन सचिव मुग्धा सिन्हा ने कल जयपूर में राज्य के उत्पादों को भौगोलिक संकेतक में शामिल करने के लिए उद्योग कषि हार्टीकल्वर खाद्य पर्यटन वन विभाग और विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ आर्याजित बैठक में यह बात कही

इस चुनाव में आरसीए के निवर्तमान अध्यक्ष सी पी जोशी गुट का पैनल अध्यक्ष सहित सभी छह पदों पर विजयी रहा चुनाव में अमीन पठान उपाध्यक्ष महेन्द्र शर्मा सचिव महेन्द्र नाहर संयक्त सचिव कृष्ण कुमार निर्मावत कोषाध्यक्ष और देवाराम चौधरी सदस्य निर्वाचित घोषित किए गए

आयोग की संयुक्त सचिव नीत यादव ने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब यह परीक्षा तीनचार और पांच दिसंबर को आयोजित की जाएगी पूर्व में यह परीक्षा नौ और ग्यारह अक्टूबर के बीच आयोजित की जानी थी

स्वास्थ विभाग की कार्रवाई के बाद शहर भर में गुटखा व्यवसाइयों ने अपनी दुकाने बंद कर दी

उन्हें जिले के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है घटना की जानकारी मिलते ही चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी चिकित्सकों के दल के साथ गांव में पहुंच गए और लोगों के स्वास्थ्य की जांच की वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दूषित भोजन के सैम्पल लेकर जांच के लिए जयपुर भिजवाये है

भारत की ओर से रविचन्द्रन अश्विन ने पहली पारी में सर्वाधिक पांच विकेट प्राप्त किए